पटना से पांच शहरों दिल्ली बेंगलुरू मुम्बई कोलकाता और अमृतसर के लिए शुरू हुई विमान सेवा

और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित

पटना सहित देश के विभिन्न हिस्सों से दो महीने के बाद घरेलू विमान सेवाएं आज से शुरू हो गयी हैं कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं पटना एयर पोर्ट अथॉरिटी के निदेशक बीसीएच नेगी ने कहा कि यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है

पटना एयर पोर्ट पर आज पहली फ्लाईट सुबह साढ़े छह बजे पहुंची दिल्ली के लिये नौ फ्लाइट मुम्बई बेंगलुरू के लिये तीन तीन फ्लाइट तथा अमृतसर के लिये एक फ्लाइट का संचालन हो रहा है नये शेड्यूल के अनुसार चौबीस घंटे के स्थान पर चौदह घंटे ही विमानों का परिचालन होगा हवाई यात्रियों ने फिर से विमान सेवा शुरू करने के फैसले की सराहना की

केन्द्र ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड के अलावा यात्रा के दौरान भी समी सावधानियों का पालन करना होगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा से पहले यात्रियों की जांच की जाए इसके अलावा राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने वाले व्यक्तियों को ही हवाई रेल और बस यात्रा की अनुमति दी जाए वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा

इन समी स्थानों की नियमित रूप से सफाई की जाए और साबुन और सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए अगर किसी यात्री में कोरोना के किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं

वंदे भारत मिशन के तहत आज कतर में फंसे एक सौ छियालीस भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान गया अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची इन यात्रियों में से एक सौ बयालीस बिहार के और चार झारखंड के हैं झारखंड के यात्रियों को विशेष बस से रांची भेज दिया गया है जबकि बिहार के यात्रियों को होटलों में बनाये गये क्वारेंटीन सेन्टर में चौदह दिन के लिए भेज दिया गया है प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है अब तक एक हजार एक सौ उनतीस ट्रेनों के माध्यम से साढ़े चौदह लाख से अधिक कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं आज एक सौ उन्नीस रेलगाड़ियों के माध्यम से एक लाख छियानवे हजार तीन सौ पचास लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे सबसे अधिक तीस ट्रेन गुजरात से आयी है कल एक सौ आठ ट्रेनों के माध्यम से लगभग एक लाख सतहत्तर हजार यात्री पहुंचेंगे लॉकडाउन के कारण दो महीने से बंद पटना जिले के सभी मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज से खुल गये हैं आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमाईबाइल और निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें प्रतिदिन खोली जायेंगी वहीं शेष दुकानें ऑड इवन के फार्मूले के आधार पर खोली जायेंगी प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक सौ बारह नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार छह सौ छियासी हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सबसे अधिक इक्कीस मामले सहरसा से सामने आये हैं दरभंगा से सोलह अररिया से बारह बेगूसराय और कटिहार से नौ नौ पटना से आठ भोजपुर और मधुबनी से सात सात अरवल भागलपुर गोपालगंज और सुपौल से तीन तीन औरंगाबाद मुंगेर और सीवान से दो दो तथा खगड़िया मधेपुरा रोहतास नालंदा और सारण से एक एक पॉजिटिव मामले आये हैं सात सौ उनतीस मरीजों को इलाज के बाद छूट्टी दे दी गयी है जबकि तेरह मरीजों की मौत हुई है अब तक एक हजार आठ सौ नौ प्रवासी श्रमिक पॉजिटिव पाये गये हैं आंकड़ों के अनुसार दस दिन में संक्रमितों की संख्या दोगुना से अधिक बढ़ गयी है इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख अड़तीस हजार आठ सौ पैंतालीस हो गयी है इनमें संतावन हजार सात सौ इक्कीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि इस महामारी से चार हजार इक्कीस लोगों की मृत्यु हुई है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है

एक तो आफिस में सोशल डिस्टेंसिंग कि आफिस में भी अगर आप बैठे है तो कम स्टॉफ रखें उनकी दूरी जो हैं कम से कम छह फिट या दो मीटर की दूरी में बैठे हो आपस में खाना इकहा न खायें जैसे आफिस में अंदर आये या अफिस के बाहर जायें तो अपने सैनिटाइजर से हाथ साफ रखें कई अफिसेज यह भी कर रहे हैं जो अच्छी है कि एक ही जगह से लोग अंदर आये और दूसरी जगह से बाहर जायें जिससे मिक्सिंग न हो वन वे आना जाना हो दरवाजों में या रास्तों में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहें नीति आयोग ने औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा कोरोना जांच के लिए नमूना संग्रहण के लिए अलग केन्द्र बनाये जाने की पहल की सराहना की है औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि संग्रहण केन्द्र पर ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे स्वास्थ्य कर्मी संदिग्ध रोगी के सम्पर्क में नहीं आता है इससे स्वास्थ्य कर्मी के संक्रमित होने की आशंका काफी कम हो जाती है मोतिहारी सदर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन के द्वारा कोरोना जांच शुरू हो गयी है खगड़िया के गोगरी कस्तुरबा विद्यालय स्थित क्वारेंटीन केन्द्र में खेलने के दौरान एक तीन वर्ष के बच्चे की मौत हो गयी बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड स्थित एक क्वारेंटीन सेन्टर में बदहाली का आरोप लगाते हुये प्रवासियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया एसएसबी की टीम ने मोतिहारी से लगी नेपाल की सीमा से उनसठ नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है ये सभी सूरत से लौटे थे और नेपाल जाने का प्रयास कर रहे थे ईद उल फित्र का त्योहार आज उल्लासपूर्ण माहौल में सादगी के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व रमजान की समाप्ति पर मनाया जाता है कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर इस बार ईदगाहों और मस्जिदों के बदले घरों में ईद की नमाज पढ़ी गई हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मुस्लिम भाईयों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुये एक दूसरे को बधाई और शुभकमनाएं दी कोरोना संक्रमण को देखते हये पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहली बार ईद की नमाज नहीं पढ़ी गयी ईद के अवसर पर क्वारेंटीन केन्द्रों में रह रहे लोगों के लिए भोजन के विशेष प्रबंध किये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के अवसर पर समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए सभी लोगों के स्वस्थ और समृद्ध रहने की कामना की है राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में बंद पड़े औद्योगिक इकाईयों को फिर से शुरू करने और नई इकाईयों की स्थापना के लिए जरूरी होने पर औद्योगिक नीति में संशोधन किया जायेगा उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि वे लगातार व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस एप पर कामगारों के कौशल से संबंधित सभी जानकारियां होंगी जिसके माध्यम से नियोक्ता कामगारों को अपनी जरूरत के हिसाब से काम उपलब्ध करा सकेंगे एप के माध्यम से श्रमिकों को इस संबंध में सूचनाएं भेजी जायेंगी पश्चिम चम्पारण जिले के नरकटियागंज स्थित एक क्वारेंटीन केन्द्र में रहने वाले लोगों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ कृषि और स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता बाईट केन्द्र में रह रहे लोगों के बीच प्रशासन ने साक्षरता अभियान की शुरूआत की है केन्द्र में अभी बीस महिला और पुरूष रह रहे हैं जिन्हें हिन्दी और अंग्रेजी अक्षर ज्ञान करवाया जा रहा है प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेन्द्र त्रिपाठी कहते हैं कि इस पहल का सकारात्मक असर दिख रहा है

साथ ही स्वरोजगार के लिए इन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि ये सभी क्वारेंटीन केन्द्र से निकलने के बाद खुद का स्वरोजगार कर सकें आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशिष कुमार लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सहायता से किसानों का जीवन आसान हुआ है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किये

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि दोपहर साढ़े बारह बजे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा परिणाम जारी करेंगे रिजल्ट बिहार बोर्ड की वेबसाईट ऑनलाईन बीएसईबी डॉट इन और बिहार बोर्ड ऑनलाईन डॉट कॉम पर उपलब्ध रहेगा गोपालगंज जिले के हथुआ के रूपनचक गांव में अपराधियों ने एक ही परिवार के चार लोगों पर गोलीबारी की जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दो गम्भीर रूप से घायल हो गये मृतकों में पति और पत्नी शामिल हैं जबकि उनके दो पुत्र गोलीबारी की घटना में घायल हो गये जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाईकिल बरामद की है अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है बेगूसराय जिले के मंझौल के पवरा में गंडक नदी में स्नान के दौरान डूबने से तीन किशोरों की मौत हो गयी सभी शव बरामद कर लिये गये हैं तेज धूप और शुष्क हवा के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है आज सैंतालीस डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का सासाराम प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा है गया का अधिकतम तापमान पैंतालीस दशमलव सात पटना का चालीस दशमलव दो भागलपुर का चालीस और पूर्णियां का चौंतीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के दौरान गर्मी बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा विभाग ने कहा है कि अठाईस मई से मौसम के रूख में परिवर्तन आयेगा और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना है

पटना से पांच शहरों दिल्ली बेंगलुरू मुम्बई कोलकाता और अमृतसर के लिए शुरू हुई विमान सेवा

और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित